कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सेना की तैयारियों और पहलों की कल समीक्षा की प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष एमएम नरवणेने कोविड प्रबंधन में मदद के लिए सेना की विभिन्न पहलों और उपायों पर विचार विमर्श किया सेना प्रमुख नरवणे ने फ्र्यानमंत्री को बताया कि सेना ने अपने चिकित्सा कर्मचारियों को राज्य सरकारों की सेवा में तैनात किया है उन्होंने कहा कि सेना देश के विमिन्न भागों में अस्थायी अस्पताल बना रही है सेनाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि सेना अपने अस्पतालों को नागरिकों के लिए भी खोल रही है उन्होंने कहा कि सेना उन स्थानों पर आयातित ऑक्सीजन टैंकरों और वाहनों के लिए जनशक्ति के साथ मदद कर रही है जहां उनके प्रबंधन के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता है केन्द्र सरकार ने देश में कोविड महामारी की स्थिति के कारण बढती मांग के बीच महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के आयात की प्रकिया तेज कर दी है

आयात और सीमा शुल्क संबंधी मंजूरी के लिए छूट दी गई है नये प्रावधानों के अंतर्गत सीमा शुल्क से त्वरित मंजूरी के बाद आयातकों को अनिवार्य रूप से घोषणा पत्र देना होगा ऐसा करने पर प्रक्रियात्मक कारणों से आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की ढुलाई में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा उपभोक्ता कार्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया जो तीन महीने तक लागू रहेगा नेबुलाइजर्स ऑक्सीजन कर्सेन्ट्रेटर सीपीऐपी और बीआईपीएपी वैक्अम प्रेशर स्विंग एडजोपर्शन ऑक्सीजन प्लांट क्रायोजेनिक ऑक्सीजन एयर सेपेरेशन यूनिट के आयात की अनुमति दी गई है इसके अलावा ऑक्सीजन कैन ऑक्सीजन फिलिंग प्रणाली और क्रायोजेनिक सिलेंडरों तथा वेंटीलेटरों सहित ऑक्सीजन सिलेंडर के आयात की भी अनुमति दी गई है विभाग ने निर्देश दिया है कि आयातक राज्य के अधिकारियों को आयात करने वाले ऐसे सभी उपकरणों के बारे में सूचित करेंगे विभाग ने कहा है कि चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती मांग से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए आपात स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सा उद्योग को इन उपकरणों की तत्काल आपूर्ति करने के लिए यह फैसला लिया गया है

अब तक डेढ करोड सेअधिक मरीज ठीक हो चुके हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कल बिना किसी तकनीकी बाधा के काम किया मंत्रालय ने कहा कि कोविन सॉफ्टवेयर मजबूत विश्वसनीय और कुशल तकनीक है और इससे किसी भी स्थान से किसी भी समय टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है मंत्रालय ने कहा कि इस विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजाइन करते समय इसकी गति और बड़े पैमाने पर कार्यक्षमता को ध्यान में रखा गया है

इसका विकास केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है

आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा के बारे में मल्टी सेंटर क्लीनिकल परीक्षण पूरा कर लिया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में हो रही साप्ताहिक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है अब शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक बंदी रहेगी यह जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी उन्होंने बताया कि मृख्यमंत्री के निर्देशानुसार बंदी के दौरान प्रदेश भर में सैनिटाइजेशन स्वच्छता और फॉगिंग के कार्य किये जायेंगे साथ ही औद्योगिक गतिविधियां चलती रहेगी उन्होंने बताया कि औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले श्रमिक अपना परिचय पत्र दिखा कर आ जा सकेंगे इस दौरान आवश्यक परिवहन व ट्रांसपोर्ट चलते रहेंगे

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि कल पौने छह सौ मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये टैंकरों को जमशेदपुर से लाया जा रहा है श्री अवस्थी ने बताया कि अब ऑक्सीजन लाने और ले जाने वाले खाली टैंकरों के लिये भी ग्रीन कॉरीडोर बनाया जायेगा

उन्होंने बताया कि लखनऊ में जल्द ही डीआरडीओ के द्वारा स्थापित किये जा रहे अस्पताल लोगों की सेवा के लिये उपलब्ध होगा

उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद के हर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बीस ऑक्सीजन कंसेट्रेटर्स लगाये जाने की योजना बनाई गई है

उन्होंने कहा कि रिटायर कर्मचारियों और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे तीसरे और चौथे साल की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्रों को भी कोरोना चिकित्सा कार्यो में लगाया जायेगा कोरोना महामारी के बीच दवाओं के साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की लोगों को जहां जरूरत पड़ रही है तो वहीं कोरोना पर जीत हासिल कर चुके मरीजों के प्लाज्मा की भी मांग बढ़ी है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ ब्लड बैंक की इंचार्ज डॉक्टर तूलिका चंद्रा ने स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजो से अपील की है कि वो आगे आये और लोगो की जान बचाने में अपना सहयोग करे उन्होंने कहा कि गंभीर कोरोना पीड़ित को बचाने का एक उपाय प्लाज्मा है प्लाज्मा सिर्फ उन्हीं से दान में मिल सकता है जो पहले कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके है कोरोना से ठीक हुए लोगों के शरीर में एंटी बॉडी बन जाती है एंटी बॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है रोग पैदा करने वाले रोग जनकों को पहचानकर उनसे लड़ते हैं इस प्रक्रिया में पूर्व में संक्रमित हो चुके शख्स का एंटीबाडी चेकअप होता है प्रयोगशाला में डॉक्टर की देख रेख में खून से प्लाज्मा को अलग किया जाता है जिसमें वायरस से लड़ने वाली एंटीबाडी शामिल होती हैं प्लाज्मा निकाल कर इसे संक्रमित व्यक्ति में ट्रांसफर किया जाता है यह संक्रमित व्यक्ति के शरीर में पहुँच कर रोग से लड़ने में मदद करता है

मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम छह बजे तक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये थे